बांग्लादेश के विदेशमंत्री डॉक्टर एके अब्द्रल मोमेन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बंगलादेश की उपलब्धियों को दर्शाया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों पर बातचीत की संभावना नहीं है डॉक्टर मोमेन ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहमति प्रकट होती है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह पहली यात्रा है

इसके अलावा नेपाल श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति तथा भूटान के प्रधानमंत्री भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

उन्होंने कहा कि यह शिल्पकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ आइडियाज बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नकवी ने कहा कि हनर ही इबादत है उन्होंने कहा कि दस्तकार और शिल्पकारों का बह्त ही अद्भत संगम यहां दिखाई देगा

यहां हर दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी

इधर प्रदेश में भी इंदौर भोपला सहित कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है

आज से जिले के सभी पीएचसी में भी टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा रहा है उधर टीकमगढ़ जिले में प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है

इसके साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है इससे खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में इटारसी सोहागपुर सिवनीमालवा बनखेड़ी सहित कई स्थानों पर कल अचानक मौसम बदल गया

जिला मुल्याकंन समिति ने इसके लिये प्रस्ताव तैयार कर लिया है